तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि अब राज्य में कोई नया तकनीकी या इंजीनियरिंग कालेज नहीं खोला जायेगा कांग्रेस विधायकों ने आज शून्यकाल की मांग को लेकर सदन से वाकआउट किया हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोरह लाल ने रोहतक में पार्किंग बनाने और धान की खरीद में किसी घोटाले जैसे विपक्ष के सभी आरोपो को खारिज कर दिया है आज विधानसभा में राज्यापाल के अभिभाषण पर हई चर्चा का जवाब देते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की खरीद में हरियाणा के किसानों के अलावा पड़ोसी राज्यों से आये किसानों की धान भी खरीदी जाती है और ऐसा प्रावधान है लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पहले हरियाणा के किसानों का धान खरीदा जाये और जहां तक धान घोटाले की बात है एफसीआई के लिए खरीदा गया धान चावल मिलों को दिया जाता है जिससे यह तय होना है बदले मे मिल मालिक कितना चावल देगा और सरकार भारतीय खाद्य निगम को पूरा चावल देने के लिए जिम्मेवार है उन्होंने कहा कि धान घोटाले की बात सामने आने पर सरकार ने मिलों में सटाक की मौके पर जांच कराई है और एक फीसदी से ज्यादा धान कम नहीं पाया गया उन्होंने कहा कि जैसा नियम है सरकार ने उन्हें धान के अंतर के बराबर पैसा जमा कराने का नोटिस दिया है और कईयों ने पैसा जमा करवाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक किसानों के धान में नमी के कारण कटौती का मुददा उठाया गया है खरीद के समय सत्रह प्रतिशत तक नमी की इजाज़त है उससे ज्यादा नमी होने पर किसानों को कई दिन मंडियों में नमी सुखाने के लिए इंतजार करना पड़ता है

उन्होंने कहा कि सरकार ने चावलमिलों में लीकेज रोकने के लिए धान को संयुक्त निगरानी में सभालने का फैसला किया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर उठे सवाल का जवाब दते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार दवारा एमएसपी पर धान और गेहं की खरीद की जाती है जबकि बाजरा और सरसों की एमएसपी पर खरीद का प्रावधान सरकार ने किया है

इसका लाभ पड़ोसी राज्य के किसन न ले इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम के तहत किसान की फसल का ब्यौरा लिया जा रहा है और कई किसानों ने पंजीकरण भी करवाया है फसल बीमा योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अब प्रधानमंत्री ने इसे स्वैच्छिक कर दिया है लेकिन जो नहीं करवायेंगा उसकों न्कसान होगा क्यूकि बीमा कंपनी से मुआवजा ज्यादा मिलता है उन्होंने कहा कि जो कमियों है उनको दूर दूर करने का प्रयास हो रहा है और फसल बीमा योजना के अब कंपनी तीन साल तक नहीं बदलेगी

उन्होंने कहा कि उठाये गये मामले में सरकार ने शत प्रतिशत की अदायगी पर चालीस प्रतिशत छूत की योजना दी थी जिसमें चौबीस हजार एक सौ तेईस भूखंड धारकों ने पैसा जमा कर दिया है योजना की फिर मांग पर साढ़े सैतीस प्रतिशत की छूट दी गई और दो महीने की वृद्वि की जिसमें चार हजार सताइस लोगों ने अदायगी की उन्होंन कि सताइस हजार आठ सौ छतीस लोग अभी भी बाकी है उनके लिये तीन जजों का कमेटी बनाई गई है कमेटी ने फैसले के अनुसार हर सेक्टर के दबारा आकंडे तैयार होंगे जो बीस मार्च तक हडा प्रशासन इसकी रिपोर्ट देंगें और तब अंतिम बकाया उन्हें जमा कराना होगा

कंयूकि सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण बंद कर दिया है मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दिया कि महर्षि वाल्मीकि यूर्निवर्सिटी के लिए पट्टे पर ज़मीन ले ली गई है

वन क्षेत्र कम होने की चिंता पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग साढ़े तीन प्रतिशत ही है और वन आच्छादित क्षेत्र में वृदवि हो रही है मुख्यमंत्री ने शीरे को लेकर मंत्री के रिश्तेदार को कम भाव पर शीरा देने के आरोप पर कहा कि सभी मिलों में शीरो के अलग अलग भाव पर बोली होतीहै पड़ोसी राज्यों को चीनी मिलों में शीरे की बोली का हिसाब देख लेगे अगर कोई समस्या लगी तो जांच करवा लेगें उन्होंनेकहा कि किसी के दवाब में जाचं नहीं होगी

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में न कोई घोटाला हआ है न होगाऔर जहां भी कुछ गलत हआ है सरकार ने जांच करवाई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी ांग से काम कर रही है निचले स्तर पर कही कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है तो उन लोगों दवारा हो रहा है तो अष्टाचार के माध्यम से नौकरी मे आये है खनन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को खनन से आय में काफी वृद्वि हुई है लेकिन जहां कोई कमी है उस पर पूरी तरह रोक लगाई जायेगी महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने आज विधानसभा के बाहर मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि वो सरकार से अपना समर्थन वापिस ले रहे है विधायक ने कहा कि म्ख्यमंत्री ने राशि घोटाले में मंत्री को क्लीन चिट दे दी है जिससे वो आहत है

तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अब राज्य में कोई नया तकनीकी या इंजीनियरिंग कालेज नहीं खोला जायेगा क्योंकि निजी और सरकारी सहायता प्राप्त इंजिनयरिंग कालेजों को दी गई सीटे भी रिक्त रह जाती है विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने इस बात पर चिंता जताई कि पालिटैक्निक और इंजीनियरिग कालेजों में विज्ञान के विषयों की काफी सीटें खाली रह जाती है हरियाणा विधानसभा में आज शुन्यकाल की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने हगांमा किया और विधानसभा अध्यक्ष दवारा शन्यकाल की इजाज़त न दिये जाने पर सदन से वाकआउट किया प्रश्नकाल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का समय आते ही कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शन्यकाल की मांग की जिस पर अध्यक्ष ने मना कर दिया और कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी अपने महत्वपूर्ण मुददे उठाये है क्या विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करना चाहता उन्होंने कहा कि अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय महत्वपूर्ण नहीं है तो आज के प्रस्ताव वापिस ले सकते है

कुछ नोक झोंक के बाद कांग्रेसी विधायक सदन से बाहर चले गये